कोविड संबंधी एहतियातों को लागू कराने के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आज देशभर में साढ़े दस बजे वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे

भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों और नरेन्द्र मोदी सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे

इसके अंतर्गत मास्क का शत प्रतिशत उपयोग करने सार्वजनिक स्थानों कार्यस्थलों और स्वास्थ्य केन्द्रो में साफ सफाई और लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता तथा आरोग्य के बारे में जागरूक बनाया जायेगा

राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मददेनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाई है इस बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी झारखंड में एक बार फिर कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है

कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन में राज्य में मिले मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या है जबकि चार सौ अड़तीस मरीज ठीक हए हैं

मृतकों में रांची से तीन बोकारो से एक धनबाद से एक जमशेदपुर से दो लातेहार से एक साहेबगंज से एक और सिमडेगा से एक मरीज शामिल है

इनमें पांच हजार आठ सौ बेरासी सक्रिय कोस हैं जबकि एक लाख इक्सीस हजार तीन सौ दस मरीज ठीक हए हैं

प्रदेश की कोरोना की रिकवरी रेट चौरानबे दशमलव पांच दो प्रतिशत है वहीं राज्य में कल नवासी हजार सात सौ सतासी लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया

वहीं चार हजार दो सौ पांच लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया

देश में कोविड महामारी के मामलों में भारी बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे

बताया जाता है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के कई संक्रमित मरीज डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं डेडिकेटेड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती नहीं कराए गए हैं उपायुक्त ने इसे इंसिडेंट कमांडर की लापरवाही मानी है

धनबाद में कोरोना रोधी वैक्सीन खत्म हो चुकी है फिलहाल दुमका और बोकारो से वैक्सीन मंगा कर जिले में टीकाकरण अभियान चल रहा है द्मका से छह हजार और बोकारो से दो हजार वैक्सीन धनबाद लाई गई है वैक्सीन की कमी के कारण कल निजी अस्पतालों में टीकाकरण नहीं हो पाया है जिले के सबसे बड़े अस्पताल एसएनएमएमसीएच में भी केवल दूसरे डोज के लाभुकों को ही टीका दिया गया धनबाद जिले में कोरोना संक्रमित महिलाओं और गर्भवतियों के लिए एसएसएलएनटी अस्पताल को एक बार फिर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाया जाएगा जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है

संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं

एक तरफ टीकाकरण अभियान तेज किया गया है तो दूसरी ओर बिना मास्क पहनकर घूमने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पत्र में कहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति को कर्मियों के लिए कोविड टीकाकरण का कोई नया पंजीकरण नहीं होगा कुछ टीककरण केंद्रों पर अपात्र लाभार्थियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के तहत पंजीकरण करावाने की जानकारी मिलने के बाद यह पत्र जारी किया गया था

भू वैज्ञानिक डॉ रंजीत कुमार सिंह ने भूकंप के झटकों की पुष्टि की है उन्होंने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर चार दशमलव तीन थी उन्होंने लोगों से नहीं घबराने नहीं बल्कि सतर्क रहने की अपील की है

इसका असर बिहार झारखंड असम सिक्किम में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा है

यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे

इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया संस्था के संचालकों ने उपायुक्त को बच्चों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में अवगत कराया

राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा महाराष्ट्र के गृहमंत्री के इस्तीफा देने की खबर भी सभी अखबारों के पहले पन्ने की सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है रांची में पांच सौ उनहत्तर नए केस मिले आज से और बढ़ेगी सख्ती वहीं प्रभात खबर की सुर्खी है एक्टिव केस सात लाख के पार आठ को मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे पीएम